सीएम बैठक म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जरूरतमंदों और बेरोजगार को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सभी विभागों में चल रही स्वरोजगार योजनाओं को म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ने के साथ ही सोलर और पिरूल प्रोजेक्ट की जरूरी प्रक्रियाएं समय से पूरी करने के निर्देश भी दिये उन्होंने आज वीडियो कांफ्रेंसिग दवारा जिलाधिकारियों के साथ म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ ही सोलर और पिरूल परियोजनाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि होप पोर्टल पर स्वरोजगार की सभी योजनाओं की सूचना अपलोड की जाए एक प्लेटफार्म पर आने से लोगों को इन योजनाओं की जानकारी मिल पाएगी और वो इसका लाभ उठा सकेंगे उन्होंने कहा कि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए हर जिले में एक महिला और एक प्रूष स्वरोजगार प्रेरक तैनात किए जाएंगे अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के साथ ट्रेडिंग को भी लिया गया है योजना की वेबसाइट पर मॉडल प्रोजेक्ट अपलोड किए गए हैं उन्होंने बताया कि वेबसाइट लांच करने के कुछ ही दिनों में काफी लोगों ने आवेदन किया है

इनका भी यूपीसीएल के साथ करार किया जा च्का है

विकास दर सीआईआई के प्रदेश प्रमुख अशोक विंडलास ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास दर सकारात्मक होगी

श्री नेगी ने पीएम कार्यालय और राज्य सरकार से बागेश्वर में रह रही गर्भवती पत्नी की डिलीवरी के लिए टिहरी से बागेश्वर जाने की अन्मति मांगी थी उन्होंने बताया था कि पत्नी को खून की जरूरत के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं साथ ही उनके ब्ज्र्ग माता पिता भी अस्वस्थ हैं कोरोना संक्रमण को देखते हए उनका अस्पताल जाना संभव नहीं था इसके मद्देनजर उनका बागेश्वर जाना अति आवश्यक था ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार की मदद से वहां जाने के लिए उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करते हए बागेश्वर जाने की अनुमति देने के साथ ही सम्चित कार्रवाई की गई जिस पर श्री नेगी ने प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य सरकार और विशेष रूप से टिहरी के उपजिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया संकल्प पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष प्रा होने पर आज अल्मोड़ा में भाजपा ने संकल्प पत्र वितरित किया इस संकल्प पत्र में सरकार के एक वर्ष की कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई है विधानसभा उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान बताया कि भाजपा पूरे जिले में घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहंचायेगी

केवल नये पदों के सूजन पर रोक लगाई गई है पहले से सूजित पदों पर भर्ती पर रोक नहीं है उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश में भी स्पष्ट किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने गांवों को वापस लौटे लोगों की आजीविका के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा अपना काम शुरू कर सकते हैं इसमें ऋण और अन्दान की व्यवस्था की गई है इसमें ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है आईएमए पीओपी देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में कल पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा

देहराद्न के डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि परेड कार्यक्रम के दौरान आईएमए की ओर कोई भी यातायात नहीं जायेगा शहर में रूट डायवर्ट रहेगा आपको बता दें कि आईएमए में इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के मददेनजर पीओपी का भव्य आयोजन नहीं किया जा रहा है

सेना प्रम्ख जनरल मनोज मुकंद नरवणे रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर परेड की सलामी लेंगे इस बार जेंटलमैन कैडेटों के परिजन और अन्य गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पायेंगे

भोटिया जनजाति की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए क्शन टोपी मफलर जैसे हाथों से बनाये गए ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने हस्तशिल्प उत्पादों का निरीक्षण किया और महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी आपको बता दें कि भोटिया जनजाति की महिलाएं पहले से ही कई तरह के गरम और ऊनी वस्त्रों को तैयार करती आ रही हैं लेकिन परंपरागत तरीके से तैयार किए जा रहे वस्त्रों से इन महिलाओं को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है ईपीसीएच के डिजायनर रणबीर और समन्वयक अनिल बिष्ट ने बताया कि अब इन महिलाओं को एंब्रॉइडरी बेस प्रशिक्षण देकर हस्तशिल्प उत्पादों को और भी आकर्षक तरीके से तैयार कराया जा रहा है

एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि आगे भी सभी मिलकर हम होंगे कामयाब की थीम पर म्हिम चलायें

उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस संक्रमण से बचा जा सकता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वंख्द ही जागरूक होना होगा

उन्होंने शहीद की शहादत को नमन करते हए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सूबेदार यम्ना प्रसाद पनेरू की शहादत को नमन किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिवारजनों के साथ है